लखनऊ के लोकभवन में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैक्सीन सेंटर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये जायं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड नाइन्टीन का टीकाकरण कार्य निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सम्पन्न किया जा सके इसके लिये जरूरी है कि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन लगाने वाले उपलब्ध रहे उन्होंने बताया कि दीकाकरण के लिये जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गये हैं श्री योगी ने कोरोना वक्सीन का सुरक्षित स्टोरेज तथा कोल्ड चेन के सम्बन्ध में फ्लप्रफ व्यवस्था करने के निर्देश दिये

आज लखनऊ के लोकभवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हये उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये प्रतिबद्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक कोविड नाइन्टीन की कोई कारगर दवा नही आ जाती तब तक सतर्कता बरतना आवश्यक है थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर पंचानबे दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में उन्तीस हजार से अधिक कोविड मरीज संक्रमण मुक्त हुए देश में कोरोना से अब तक पंचानबे लाख पचास हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं इस समय कोविड के देश में लगभग तीन लाख आठ हजार रोगी हैं एक दिन में पच्चीस हजार एक सौ तिरपन नये मरीज सामने आये इन्हें मिलाकर संक्रमण के क्ल मामलों की संख्या एक करोड से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घटों में तीन सौ सँतालिस मौत को मिलाकर अब तक इस महामारी से एक लाख पैंतालिस हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह टीम गढित कर धान क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करें उन्होंने धान खरीद का कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की असुविधा क सामना न करना पड़े धान क्रय केन्द्रों पर किसानों से ही धान की खरीद की जाय मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयक्त तथा खाद्य विभाग को जनपदवार निरीक्षण की आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं

आज ही के दिन सन् उन्नीस सौ सत्ताईस में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गयी थी पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जिला जेल में अशफाकउल्लाह खॉ को फैजाबाद की जिला जेल में और ठाक्र रौशन सिंह को इलाहाबाद में फॉसी दी गयी थी गोरखपुर फैजाबाद और इलाहाबाद सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज लोग तीनों अमर शहीदो को अपनी भावमीनी श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहे हैं गोरखपुर की जिला जेल और बिस्मिल पार्क में अमर शहीदो का बलिदान दिवस मनाने के लिए और उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं फैजाबाद में भी आज शहीद कक्ष में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं उधर जौनपुर जिले के कलेक्ट्रेट में क्रांति स्तम्भ पर आज हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर काकोरी काण्ड के महानायकों को श्रद्वांजलि दी

ज्यादातर जिलों में कड़ाके ककी ठंड़ शीतलहर और कोहरे का प्रकोप बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से कम रिकार्ड किया गया लखनऊ मेरठ कानपुर गोरखपुर और फैजाबाद मण्डलों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है पिछले चौबीस घंटे में रायबरेली और सोनभद्र जिले में न्यूनतम तापमान दो दशमलव छ ंडिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो प्रदेश में सबसे कम है मौसम विमाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा तथा ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा ठंड और शीतलहर को देखते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलाव आदि की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खले में सोने न पाये खले में सोते मिलने वाले व्यक्तियों को तत्काल रैन बसेरे तक पहंचाया जाय उन्होंने कहा है कि रैन बसेरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुये सुरक्षा और स्वच्छता के समुचित प्रबंध किये जायें मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों को कम्बल वितरित करने के निर्देश भी दिये